कल दर्ज किए गए नए मामलों में तवांग से दो और वेस्ट कामेंग जिले से एक मामला शामिल है राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अट्ठावन रह गई है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने जिला अस्पताल यिंगकियोंग कोविड टीकाकरण का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से प्रभावी तरीके से कोविड जांच इलाज और टीकाकरण का आहवान किया

केंद्रीय दल इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के सिविलियन टर्मिनल से पैसेंजर एयरक्राफ्ट सेवा श्रु करने के विभिन्न पहल्ओं पर विचार करने के लिए राज्य के दौरे पर है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने राज्य के म्ख्य सचिव नरेश क्मार स्थानीय विधायक तागे ताकी और जिले के आलाधिकारियों के साथ बैठक कर जिलो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के सिविलियन टर्मिनल से यात्री विमानन सेवाएं श्रु करने के लिए आवश्यक स्विधाओं पर चर्चा की केंद्रीय दल ने जिला उपाय्क्त स्वेतिका सचान को आगामी इकतीस मार्च तक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के पास परमानेंट सिविलियन टर्मिनल के निर्माण के लिए भ्रमि अधिग्रहण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया

उन्होंने कहा कि इसके लिए कक्षा दस ग्यारह और बारह की परीक्षा में बैठने वाले छात्र फरवरी और मार्च महीने में आयोजित होने वाली चयन परीक्षा में शामिल हो सकते है

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पेंशनभोगियों विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगियों को काफी म्श्किलें होती थीं

यह प्रणाली कई पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित ह्ई है उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पेंशनभोगियों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा से बहत पहले पूरी हो गई थी इसी के अन्सार पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने डिजी लॉकर के साथ नियंत्रक महालेखाकार के पीएफएमएस के आवेदन के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ को एकीकृत करने का निर्णय लिया इससे पेंशनभोगियों को डिजी लॉकर खाते से उनके पीपीओ की नवीनतम प्रति का प्रिंट तत्काल मिल जाता है

गत पंद्रह जनवरी से आयोजित इस सात दिवसीय कार्यशाला में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए ग्रामीण य्वकों और य्वतियों को उन्नत तरीके से मशरुम की खेती कर आत्मनिर्भर बनने के ग्ण सिखाएं जा रहे है

अधिकारिक सूत्रों के अन्सार बच्चों की पहचान दस वर्षीय काबाक यानी सात वर्षीय काबाक नान् और पांच वर्षीय काबाक चारू के रुप में की गई है इस आग द्र्घटना में चार घर जलकर नष्ट ह्ए है